केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बाईसवीं बैठक कल नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी इस बैठक में शामिल होने के लिए श्री शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बधेल ने आज बैठक की तैयारियों का जायजा लिया इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए बैठक में छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे बैठक सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रस्तावित है श्री शाह अपने रायपुर प्रवास के दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी जाएंगे और वहां पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों तथा समाज के बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे गौरतलब है कि वर्ष उन्नीस सौ संतावन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देशभर में कुल पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था केन्द्र और विभिन्न राज्यों के बीच आपसी तालमेल से अंतर्राज्यीय समस्याओं के समाधान सहित संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से इन परिषदों की स्थापना की गई है केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और इन परिषदों की बैठक बुलाने वाले मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं इनके अलावा अन्य सदस्य राज्यों के दो मंत्री इस परिषद के सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इन परिषदों की बैठक में केन्द्र राज्य संबंध सहित सदस्य राज्यों के बीच सीमा विवाद और सुरक्षा सहित सड़क परिवहन उद्योग बिजली पानी जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है इनके अलावा पर्यावरण आवास वन शिक्षा खाद्य सुरक्षा और पर्यटन जैसे विषयों पर भी विचार किया जाता है पंचायत चुनाव प्रर्देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल अट्ठाईस जनवरी को वोट डाले जाएंगे मतदान की सभी तैयारियां प्री कर ली गई हैं सभी मतदान दलों को सामग्रियों के साथ रवाना कर दिया गया है निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में प्रदेश के सत्तावन विकासखंडों के चार हजार आठ सौ सैंतालीस ग्राम पंचायतों के इकसठ लाख चौहत्तर हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदान के लिए बारह हजार पांच सौ बहत्तर केन्द्र बनाए गए हैं इसके लिए अस्सी हजार मतदानकर्मियों और नौ सौ छिहत्तर सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है पहले चरण में बयालीस हजार चार सौ चार पदों के लिए वोट डाले जाएंगे इनमें वार्ड पंच के छत्तीस हजार चार सौ तिहत्तर सरपंच के चार हजार छह सौ बीस जनपद सदस्य के एक हजार एक सौ चवालीस और जिला पंचायत सदस्य के एक सौ सड़सठ पद शामिल हैं पहले चरण में एक लाख सोलह हजार सात सौ छिहत्तर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें गौरतलब है कि पहले चरण के चुनाव में उनतीस हजार नौ सौ उन्नीस पदों पर पंचायत प्रतिनिधियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है इनमें पंच के उनतीस हजार छह सौ सत्तावन सरपंच के दो सौ सोलह और जनपद सदस्य के छियालीस प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं जैसी कि खबर दी जा चुकी है पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए इकतीस जनवरी को और तीसरे चरण में तीन फरवरी को मतदान होगा

इनमें से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर मतदाता वोट डाल सकते हैं इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र इपिक बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक पैन कार्ड पासपोर्ट आधार कार्ड फोटोयुक्त राशन कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज मनरेगा जॉब कार्ड स्मार्ट कार्ड और ड्रायविंग लाइसेंस के अलावा केन्द्र या राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची शामिल हैं वहीं मतदाता वोट डालने के लिए मतदान तिथि से पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीजी एसईसी डॉट जीओवी डॉट इन से मतदाता पर्ची भी निकाल सकते हैं हाईकोर्ट एयरपोर्ट मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होने में कथित देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से सात फरवरी तक वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं इस मामले पर अगली सुनवाई दस फरवरी को होगी उच्च न्यायालय के एक वकील कमल दुबे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि चकरभाटा एयरपोर्ट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किया जा चुका है साथ ही राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट भी बनाया जा चुका है याचिका में बिलासपुर को जिस श्रेणी की उड़ान सेवा का लाइसेंस दिया गया है उस पर भी सवाल किया गया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सातवीं कड़ी का प्रसारण आगामी नौ फरवरी को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह दस बजकर तीस मिनट से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवा कॅरिअर के आयाम विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर आज से उनतीस जनवरी तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं

गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कल रायपुर तथा दुर्ग संभाग में उनतीस जनवरी को और बस्तर संभाग में तीस जनवरी को होने वाले इस ऑनलाइन मूल्यांकन में लगभग एक हजार आठ सौ शिक्षार्थी शामिल होंगे भारत पर्व भारतीयता की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए कल से नई दिल्ली में भारत पर्व की शुरूआत हुई है यह उत्सव शनिवार तक चलेगा भारत पर्व का उद्देश्य लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना और देखो अपना देश की भावना को प्रोत्साहित करना है पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के भारत पर्व का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मनाया जाना है आज से आम नागरिक दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक इसमें निः शुल्क प्रवेश ले सकेंगे इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि छह महीने पहले जिले के कोमला और मिंगाछल गांव की तीन बालिकाओं को घरेलू कामकाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था वहां इन बालिकाओं को बंधक बनाकर रख लिया गया पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इन बालिकाओं को सकुशल वापस बीजापुर लाया है नागरिकता संशोधन कानून द्र्ग के सांसद विजय बघेल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने का कानून है छीनने का नहीं इसमें किसी भी राज्य को दखल देने का अधिकार नहीं है श्री बघेल आज बालोद जिला मुख्यालय से लगे बघमारा गांव में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पारित किया जा चुका है उस कानून पर किसी राज्य को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है सावधिक आकलन प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की समान गुणवत्ता और प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच के उद्देश्य से कक्षा पहली से आठवीं तक बच्चों का राज्य स्तरीय आकलन किया जा रहा है इसमें रचनात्मक सावधिक और सत्र में दो बार योगात्मक आकलन शामिल हैं संक्षिप्त समाचार प्रदेश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र सायल का आज रायपुर में निधन हो गया वे मानवाधिकार और बंधुआ मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सामग्री विभाग द्वारा रायपुर रेलमंडल में आगामी उनतीस जनवरी को विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दुर्ग पुलिस ने आज एक होटल से अट्ठाईस किलो गांजे के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत लगभग एक लाख साठ हजार रूपये आंकी गई है रायगढ़ में आज डीपापारा क्षेत्र के सांगीतराई में एक बालिका की तालाब में डूबने से मौत हो गई राजधानी रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है